मुख्यमंत्री ने मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को भारी बहुमत दिलाने का लोगों से ऑग्रह किया इस बीच शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाक्र ने कहा कि विपक्ष के पास देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई विजन नहीं है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गो के लिए अनेक योजनाए चलाई हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत हालिस करेगी

ऐसे में भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार तेज़ कर दिया है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने आज नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया है जबकि कांग्रेस ने सेना का हमेशा अपमान किया है वहीं क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाक्र ने आज भोरंज में जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाक्र पर केन्द्रीय विद्यालय और सांसद निधि के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भोरंज में जो भी विकास कार्य हुए हैं वे सब पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है मंडी संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार बृज गोपाल ने आज लाहौल स्पीति में चुनाव प्रचार किया उन्होंने भाजपा व कांग्रेस सरकारों पर जनजातीय क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया बृज गोपाल ने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने क्षेत्र की जनता से सब्सिडी के नाम पर धोखा किया है स्वीप निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है

इस मौके जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने बताया कि महानाटी का उद्देश्य लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी देना और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करना है उन्होंने कहा कि महानाटी सभी जरूरी मापदंडों को पूरा करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है उधर ऊना विधानसभा क्षेत्र की बसोली पंचायत में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया

बैलेट यूनिट मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर इस बार लोकसभा चुनाव में दो दो बैलेट यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे लाहौल स्पिति के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार चौधरी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के लिए आज सेना के हैलीकॉप्टर के माध्यम से एक सौ अतिरिक्त बैलेट यूनिट स्टींगरी हैलीपैड पहुंचाए गए

डीसी शिमला शिमला जिले के दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा और सहायता के लिए सभी मतदान केन्दों पर राष्ट्रीय कैडिट कोर व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्येकर्ता तैनात रहेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने आज शिमला ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें महिला स्वयं सेवक भी शामिल होंगी राजेश्वर गोयल ने कहा कि दिव्यांग साथियों को एक विशेष कैप पहनाई जाएगी जिसमें दिव्यांग साथी का चिन्ह और जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अंकित रहेगा उन्होंने कहा कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग साथियों के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि वे दिव्यांगजनों की पूरी तरह से सहायता कर सकें

इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना है जिन्होंने समय पर लोगों को अपनी सेवायें दीं